सदन में चर्चा जारी

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखा लोकसभा में अभी इस विधेयक पर चर्चा चल रही है चर्चा में भाग लेते हुए श्री गहलोत ने कहा कि गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने से सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा

उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के रुप में बहाल कर दिया है साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित समिति इस मामले पर फिर से विचार करेगी तब तक श्री वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे न्यायालय ने यह भी कहा है कि श्री वर्मा के बारे में आगे कोई भी फैसला वह उच्चाधिकार प्राप्त समिति लेगी जो सी बी आई निदेशक का चयन और नियुक्ति करती है न्यायालय ने जांच एजेन्सी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति रद्द कर दी है सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन कर दिया है यह पीठ दस जनवरी से इस मामले की सुनवाई करेगी पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई होंगे जबकि न्यायमूर्ति एसएबोबड़े न्यायमूर्ति एनवीरमन्ना न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डीवाईचन्द्रचूड़ पीठ के सदस्य होंगे

साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को भी जबाव तलब किया है मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही की पीठ ने सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा मुहैया करायी जाय तो वे पटना स्थित अपने निजी आवास में क्यों नहीं रह सकते हैं मामले की अगली सुनवाई ग्यारह फरवरी को होगी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है श्री राठौड़ आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को एफ एम चैनलों से साझा करने के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे बाइट बेसिक रीजन ऑफ सेटिंग अप मल्टीपल रेडियो स्टेशन मल्टीपल मीडिया हाऊसेज इज टू गिव मोर ऑपरच्यूनिटीज एंड मोर एव्यून्यूज फॉर दी इंडियन सिटीजन एक्सेस वेरियस इफॉरमेशन इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन हिन्दुस्तान के जितने भी रेडियो स्टेशन हैं सब एकजुट होकर अपने नागरिकों को हम इनफॉरमेशन और एजुकेशन वहां तक पहुंचाएं श्री राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है बाइट कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर हम प्राइवेट एफ एम को अवसर दे रहे हैं अपने रेडियो स्टेशन सेटअप करने के लिए तो एक तरह से कॉमपेटिशन भी हो जाता है और लोगों के पास में और ऑप्शन्स भी एवेलेबल हो जाते हैं इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है निजी एफएमचैनल इस साल इकतीस मई से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी श्रमिक संघ संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस आज लोकसभा में पेश किया गया विधेयक का उद्देश्य मजदूर संघों की मान्यता के प्रावधान के लिए श्रमिक संघ अधिनियम उन्नीस सौ छब्बीस में संशोधन करना है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि अब तक श्रमिक संघों की मान्यता के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है ये विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के कारण राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में बैंकिंग सहित अन्य सेवाओं पर असर पड़ा वामपंथी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है बैंककर्मियों की हड़ताल के कारण बैंक सेवा प्रभावित हुई श्रमिक संघ संशोधन विधेयक के विरोध में ट्रेड यूनियन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि हड़ताल समर्थकों ने रैली निकाली और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आज पटना के डाकबंगला चौराहे पर पुलिस से झड़प हो गयी जाम हटाने पहुंची पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा राज्य का पहला मगरमच्छ संरक्षण केन्द्र कैमूर जिले के करकटगढ़ में स्थापित किया जायेगा

श्री कुमार ने कहा कि करकटगढ़ जलप्रपात को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने जिले के दुर्गावती में आयोजित कार्यक्रम में कई सिंचाई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वित्तीय सलाहकारों और वित्त अधिकारियों की आज कुलाधिपति सह राज्यपाल लालजी टंडन की अध्यक्षता में पटना में बैठक हुई बैठक में विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी प्रदेश भर में आज दिन भर ध्रप रहने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम के रूख में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान बारह डिग्री भागलपुर का ग्यारह गया का नौ दशमलव दो और पूर्णियां का आठ दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाईटी ने समाज शास्त्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदान के लिए प्रोफेसर एमएन कर्ण को लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है प्रोफेसर कर्ण मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के सिमरी गांव के रहने वाले हैं उन्होंने दर्जन भर से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी कुमार राजेश चन्द्रा को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है श्री चन्द्रा उन्नीस सौ पचासी बैच के आईपीएस अधिकारी है उनका कार्यकाल इकतीस दिसम्बर दो हजार इक्कीस तक का होगा भारतीय किसान संघ की बिहार शाखा ने तेलंगाना हरियाणा और झारखंड की तर्ज पर किसानों को पन्द्रह हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान देने की सरकार से मांग की है इस संबंध में संघ द्वारा राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने दो वर्ष दोहरे हत्याकांड मामले में कुख्यात कुंदन सिंह समेत तीन दोषियों को उम्रकैद और बीस बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है साथ ही आर्म्स एक्ट मामले में सबों को सात सात वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनायी गयी है नालंदा में पिछले दिनों राजद नेता इंदल पासवान की हुई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गयी है अररिया जिले के घुरना थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव से पिछले दिनों अपहृत छात्रा की अपराधियों ने हत्या कर दी है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

सदन में चर्चा जारी